् उच्चतम न्यायालय ने नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका खारिज की

प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत फ्लोराइड प्रभावित तीन हजार बस्तियों में चालू वित्त वर्ष के अन्त तक पीने का साफ पानी मिलने लगेगा इसके लिए केन्द्र सरकार ने मिशन के तहत कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है

श्री जावड़ेकर ने समी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वन मंत्रियों सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्स में ये जानकारी दी

उन्होंने शहरी वनों के निर्माण जलाशयों को पुनर्जीवित करने और कृत्रिम तालाबों के निर्माण पर भी जोर दिया

महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर दौसा में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों का जायजा लिया उन्होंने कोरोना जागरुकता अभियान को तेज करने और पूरे जिले में शाम पांच बजे के बाद बाजार बंद रखने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी

मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने इस ॅ सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में प्रस्तावित नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के कार्य में तेजी आएगी

उन्होंने इस हादसे के बारे में समाज के लोगों से जानकारी ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी पाक विस्थापितों की मृत्यु पर दुख प्रकट किया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पाक विस्थापितों की नागरिकता के लिए काम कर रही है

न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता

इसके बाद न्यायालय ने याचिका की सुनवाई एक हफ्ते के लिए टालने का फैसला किया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

ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा साथ ही ये दूरदर्शन डीटीएच चैनल प्रधानमंत्री कार्यालय और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज़ ऑन एयर एप पर भी उपलब्ध रहेगा

सिरोही राजसमंद अजमेर तथा भीलवाड़ा जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हुई मौसम विभाग ने आज अजमेर बांसवाड़ा बारां बूंदी चित्तौड़गढ़ ड्रंगरपुर झालावाड़ कोटा प्रतापगढ़ राजसमंद सवाईमाधोपुर सिरोही तथा उदयपुर जिलों के लिए अत्यधिक वर्षा होर्ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है विभाग ने कल भी पूर्वी तथा पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है पिछले एक सप्ताह में राज्य में हुई अच्छी बारिश से बांधों में पानी की आवक शुरु हो गयी है

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें